राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जायेगा

अब तक पांच लाख अड़तीस हजार नौ सौ तीस लोगों को टीके लगाये जा चुके हैं

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

राज्यपाल फागू चौहान सेन्ट्रल हॉल में साढ़े ग्यारह बजे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे बाईस फरवरी को वित्तीय वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस का बजट पेश होगा वित्त मंत्री के रूप में श्री प्रसाद पहली बार बजट पेश करेंगे विधानसभा की ओर से जारी औपबंधिक कार्यक्रमों के अनुसार आठ से सोलह मार्च तक बजट पर विमर्श और मतदान होगा चौबीस मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल बाईस बैठके होंगी इस दौरान नौ विधेयकों के पेश होने की सम्भावना है विधानसभा के एक सौ चार और विधान परिषद के दो सदस्य पहली बार सदन के लिए निर्वाचित हुये हैं विधानसभा सचिवालय ने इन सदस्यों को विधायी प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए विशेष पहल की है विधानसभा सत्र के दौरान सामाजिक दूरी बनाये रखने के साथ फेस मास्क और सेनेटाईजर का इस्तमाल करना जरूरी होगा इसके साथ ही कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन भी अनिवार्य किया गया है बजट सत्र के काफी हंगामेदार रहने की संभावना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमत भ्रष्टाचार अपराध तथा कोरोना के फर्जी जांच के सवाल पर सरकार से जवाब मांगा जायेगा कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि जनहित से जुड़े मामलों को सदन में मुखरता के साथ उठाया जायेगा वहीं सत्तापक्ष ने भी विपक्ष को सदन में जवाब देने की रणनीति बनायी है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिये पूरी तरह तैयार है इधर विधानसभा सत्र को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं पासधारी व्यक्ति को ही विधानमंडल परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी भाजपा विधानमंडल दल की बैठक आज शाम प्रदेश कार्यालय में होगी बैठक में बजट सत्र के दौरान विभिन्न विभागीय विषयों पर होने वाले अनुदान मांग और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी वहीं जदयू विधानमंडल दल की बैठक आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले महीने किया जाएगा उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह चौदह मार्च तक चलेगी श्री निशंक ने बताया कि इस बार यह कार्यक्रम वर्चअल माध्यम से होगा कार्यक्रम के प्रतिभागियों को माई जीओवी पोर्टल पर आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रतियोगिता को जरिये चुना जायेगा

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार नए कृषि कानूनों पर किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है श्री तोमर ने कहा कि यदि किसान मांग करेंगे तो सरकार कानून की हर धारा पर चर्चा करेगी उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र पर बहुत जोर दिया गया है केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा है कि पिछले छह वर्षो में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लगभग उन्नीस लाख दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचा है उन्होंने मुंबई में कहा कि इस अवधि में दिव्यांगजनों के बीच ग्यारह सौ करोड़ रुपए के विभिन्न उपकरण भी वितरित किए गए भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है वे भारतीय सूचना सेवा के उन्नीस सौ अठासी बैच के अधिकारी हैं इससे पहले वे वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव थे श्री रेड्डी ने जयदीप भटनागर का स्थान लिया है जो अब पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी में विशेष कार्य पदाधिकारी बनाए गए हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थी अब अपने आवास के दस किलोमीटर के दायरे में निगम का अस्पताल या डिस्पेंसरी नहीं होने की स्थिति में नजदीक के निगम द्वारा अधिकृत अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे श्रम मंत्रालय ने कहा है कि लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए निगम की डिस्पेंसरी से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी इन क्षेत्रों के लाभार्थियों को ईएसआई के अधिकृत अस्पतालों से इलाज कराने के लिए अपना ईएसआई पहचान पत्र और आधार या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र दिखाना होगा इस तरह वे इन अस्पतालों से सीधे ओपीडी सेवाओं के लिए बिना भुगतान के इलाज करा सकते हैं प्रदेश में अब आवासीय प्रमाण पत्र में संबंधित व्यक्ति का फोटो लगाना अनिवार्य होगा सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश सभी विभागों और जिलों को भेज दिया है आवासीय प्रमाण पत्र में व्यक्ति के पते के साथ पिन कोड भी दर्ज करना अनिवार्य होगा यह प्रमाण पत्र आधार पंजीकरण और पता सत्यापन के लिए साक्ष्य के रूप में मान्य होगा प्रदेश में अब तक पांच लाख अड़तीस हजार नौ सौ तीस लोगों को कोरोना का टीका का लगाया जा चुका है पांच लाख छह हजार से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है जबकि टीके की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या बत्तीस हजार से अधिक है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है इधर प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव दो दो प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख उनसठ हजार आठ सौ अंठानवे मरीज स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या पांच सौ बारह है कोविड उन्नीस टीकाकरण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने बताया है कि कोविड का द्रसरा टीका लगने के बाद ही वायरस से लड़ने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित होती है बाईट दूसरी डोज लगने से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कम्पलीट हो जाता है पहली डोज से इम्यूनिटी बननी शुरू होती है और दूसरी डोज से बूस्ट मिल जाता है और एंटीबॉजी जो रिसपॉन्स हैं और बाकी की जो रिस्पॉन्सिज हैं वो एक ही अलग डाइमेंशन पे अलग ऑर्बिट में पूरा फायदा एंटीबॉडी के तौर पे मिल जाता है

राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुये कक्षा एक से आठ तक के एक करोड़ साठ लाख से अधिक छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नति देने का निर्णय लिया है शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि प्रमोट करने से पहले इन छात्र छात्राओं को अपनी वर्तमान कक्षा की बुनियादी अध्ययन सामग्री पढ़ाई जायेगी उन्होंने कहा कि कक्षा एक से पांच तक की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय राज्य आपदा प्रबंधन ग्रुप से विमर्श के बाद दिया जायेगा मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन उन्नीस जिलों से इकतालीस परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है सबसे ज्यादा सारण जिले से आठ और रोहतास से पांच परीक्षार्थी निष्कासति किये गये हैं इधर मुंगेर और सुपौल जिले से दो दो फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गये हैं प्रदेशभर में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव आ रहा है न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है इससे लोगों को ठंड से राहत मिल रही है मौसम वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान उत्तरी और दक्षिण पूर्व बिहार में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है

बरामद गांजे की कीमत लगभग एक करोड़ अंठावन लाख रूपये बतायी जाती है पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज किया जायेगा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने कहा है कि विधानसभा चुनाव की तुलना में पंचायत चूनाव में दस लाख से अधिक मतदाता अपने मतदाधिकार का इस्तेमाल करेंगे उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश में दो चुनाव के बीच दस लाख नये मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है प्रदेश के सरकारी हाई स्कूलों में दो हजार तीन सौ लिपिक और आदेशपालों को नियत वेतनमान पर नियोजित किया जायेगा शिक्षा विभाग ने इन पदों पर नियोजन की अनुमति प्रदान कर दी है पटना के शास्त्रीनगर उपडाकघर में बंद खातों को दोबारा चालू कर एक करोड़ रूपये से अधिक की राशि निकासी मामले की जांच सीबीआई करेगी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने कहा कि फर्जी निकासी से जुड़े कागजात सीबीआई को सौंप दिये गये हैं खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के कटघरा दियारा में एक ट्रैक्टर के पलट जाने से तीन बच्चों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सूर्खी बनायी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है बजट सत्र पेश होंगे नौ विधेयक प्रभात खबर ने ऑनलाईन ट्रेनिंग से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है टाटा टेक्नोलॉजी एक सौ उनचास आईटीआई को बनायेगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दैनिक भास्कर ने नियोजित शिक्षकों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है एक लाख ही नहीं सभी तीन लाख संतावन हजार शिक्षकों को वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा फोल्डर नहीं किया तो अवैध होगी बहाली प्रभात खबर ने खेल से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है आईपीएल नीलामी को सुर्खी बनाते हुये लिखा है लगी सबसे महंगी बोली सोलह करोड़ बत्तीस लाख में बिके मौरिस राष्ट्रीय सहारा ने शिक्षा विभाग के फैसले को सुर्खी बनाते हुये लिखा है पांच सौ तेरह उत्क्रमित विद्यालयों में होगा आधारभूत संरचना का निर्माण दैनिक आज की सुर्खी है किसानों के आंदोलन से ट्रेन सेवा रही बाधित

राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जायेगा

अब तक पांच लाख अड़तीस हजार नौ सौ तीस लोगों को टीके लगाये जा चूके हैं